प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क हैदराबाद में भारत बायोटेक और प्णे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे ट्वीट में बताया गया है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी कोरोना समीक्षा राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्र्प की सलाह के अन्सार वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाया जाएं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हए यह निर्देष दिए वहीं प्रदेश में अब मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को क्छ समय के लिए ओपन जेल में रखा जाएगा कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों को भी अब यही सजा मिलेगी

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

इसके बाद राज्य में संक्रमितों की क्ल संख्या दो लाख के पार पहंच गई है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

श्री क्शवाह ने कार्य में लापरवाही मिलने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए